राजधानी लखनऊ में दो दिवसीय सैंतालिसवें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के समापन समारोह में आज शामिल होंगे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पचासवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव गोवा में कल रंगारंग कार्यक्रम के साथ सम्पन्न प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के कई जनपदों में ओलावृष्टि के साथ वर्षा ठंड में हई बढ़ोत्तरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम लोगों की सेवा के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि मानव सेवा आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग है श्री कोविंद कल मथ्रा के वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम धर्मार्थ अस्पताल के प्रांगण में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे रामकृष्ण मिशन के कार्यो की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने लोगों को यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिये जन्म लिया था जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना लोगों की सेवा और उन्हें बीमारियों से निजात दिलाने के लिये की गई है श्री कोविंद ने स्वामी विवेकानन्द के विचारों और उपदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि वे सदैव उनके लिये प्रेरणा का म्रोत रहे हैं उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि रामकृष्ण मिशन स्वानी विवेकानन्द के उपदेशों और शिक्षाओं को आत्मसात कर के ग्रीबों और कमजोरों की सेवा में अनवरत लगा हुआ है स्वामी विवेकानन्द के जीवन दर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि स्वामी जी कहा करते थे कि अगर उनके पास धन होता तो वह उसका उपयोग शिक्षा और आध्यात्म के प्रचार और प्रसार के लिये करते समारोह को राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया इससे पहले राष्ट्रपति ने रामकृष्ण सेवा आश्रम के धर्माथ चिकित्सालय के नये ब्लॉक के लोकार्पण के साथ साथ कई कार्यक्रमों में भाग लिया

इस ब्लॉक में चिकित्सकीय सुविधाएं शुरू हो जाने से यहां और आसपास के क्षेत्रों के विरोषकर कैंसर से पीड़ित मरीजों को काफी सुविधा होगी

श्नमण के दौरान राष्ट्रपति ने वृदावन में बांके बिहारी मॉदेर में जाकर प्रजा अर्चना की इसके साथ ही वह निकंज वन आश्रम भी गए राष्ट्रपति ने अक्षय पात्र फाउंडेशन जाकर बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया उन्होंने राधा व्रदावन चंद्र मंदिर का भी भ्रमण किया आकाशवाणी समाचार के लिए मथुरा से मैं एम एस यादव केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में सैंतालिसवें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित करेंगे विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षक से लेकर महानिदेशक स्तर के पुलिस अधिकारी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं इनके अलावा सी बी आई सी आर पी एफ और बी एस एफ सहित केन्द्रीय एजेंसियां तथा शिक्षाविद् और फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं कल दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए पुदुवेरी की उप राज्यपाल और पूर्व आई पी एस अधिकारी किरन बेदी ने कहा कि न्याय और साहस पुलिस व्यवस्था का मंत्र है उप राज्यपाल ने कहा कि पुलिसिंग धर्म की तरह है जैसे मंदिर जाना उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करने के लिये साहस और न्याय प्रेरक बल हैं जिन्हें आत्मसात कर लोगों को समुचित न्याय दिया जा सकता है उन्होंने अयोध्या प्रकरण के बारे में शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाये रखने और इसी साल कुंभ मेले के सफलता पूर्वक आयोजन में राज्य पुलिस के योगदान की सराहना की उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को सही नेतृत्व और संसाधन हासिल हैं और उसे कारगर ढंग से पुलिसिंग की दिशा में काम करना चाहिये आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि राज्य पुलिस केन्द्रीय गृहमंत्रालय और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट बीपीआरडी के सहयोग से यह दो दिवसीय सम्मेलन कर रही है पुलिस सेवा में आने के बाद अपने शुरूआती दिनों को याद करते हुए किरन बेदी ने बेहतर पुलिसिंग और अपराध की रोकथाम के लिये बीट प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया

आयोजन के बारे में और ब्यौरा हमारे संवाददाता से आयोजन समिति की सचिव और पुलिस की अपर महानिदेशक रेणुका मिश्रा ने आकाशवाणी से खास बाचचीत में कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें पुलिस सुधार सोशल मीडिया का धार्मिक अतिवाद और आंतकवाद रोकने में इस्तेमाल और पुलिस बलों के रवैये को बेहतर किए जाने जैसे बेहद प्रासंगिक विषय शामिल हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नाथूराम गोडसे को देशमक्त करार देने संबंधी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर की कथित टिप्पणियों की निन्दा की है कल लोकसभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की इसका जवाब देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी देश के आदर्श है और हमेशा रहेंगे उन्होंने गोडसे का समर्थन करने वाली विचारधारा की कड़े शब्दों में आलोचना की कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टियों के सांसदों का कहना था कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे स्वीकार नहीं किया बाद में कांग्रेस डी एम के टी एम सी और अन्य सांसदों ने इस मुद्दे पर लोकसभा से वॉकआउट कर दिया भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाक्र ने लोकसभा में यह विवादास्पद टिप्पणी की थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी नाथूराम गोडसे के बारे में प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी की निंदा की है प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि गन्ना किसानों को हर संभव लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार चीनी मिलों के जीर्णोद्वार का काम कर रही है श्री सिंह कल सुल्तानपुर में किसान सहकारी चीनी मिल के सैंतीसवें पेराई सत्र का शुभारम्भ करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने चीनी मिलों को बंद करने का काम किया था जबकि योगी सरकार ने रमाला पिपराईच और मुंडेरवा चीनी मिलों का जीर्णोद्वार किया है उन्होंने कहा कि राज्य की पांच अन्य चीनी मिलों का जल्द ही जीर्णोद्वार किया जायेगा जिनमें सुल्तानपुर ज़िला भी शामिल है और जल्द ही इसके लिये जरूरी बजट मंजूर किया जायेगा प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने रिसवाड़ा गांव में गौरक्षा केन्द्र का उद्घाटन करने के लिये जिला पंचायत परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में भी भाग लिया गोवा में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का स्वर्ण जयंती समारोह कल शाम रंगारंग कार्यक्रमों के साथ सम्पन्न हो गया नौ दिन के इस सम्मेलन में दुनिया भर से आए दस हजार से अधिक फिल्म प्रतिनिधियों के लिए तीन सौ फिल्मों का प्रदर्शन किया गया समापन समारोह में इफ्की को आई सी एफ टी युनेस्को फेलिनी पदक प्रदान किया गया जिसे सुचना और प्रसारण सचिव अमित खरे तथा फिल्म महोत्सव के निदेशक चैतन्य प्रसाद ने प्राप्त किया फांसीसी फिल्म निर्माता ब्लेजी हेरिसिन की फिल्म पार्टिकल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला देश का उत्तरी हिस्सा शीतलहर की चपेट में है उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले हिस्सों में बारिश होने से तापमान में कमी आई है उधर प्रदेश के अमरोहा रामपुर शाहजहांपुर बरेली और पीलीमीत सहित कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि से जहां एक तरफ ठंड बढ़ गई है वहीं इससे फ़सलों को नुकसान पहुंचा है अमरोहा में कल दिनभर हल्की से तेज़ बारिश होती रही इसके अलावा जिले के धनौरा तहसील इलाके में ओलावृष्टि से आलू सरसों और गेहूँ की फ़सलों को ख़ासी क्षति पहुंची है बरेली में कल दोपहर तेज़ बारिश से मौसम में खासा परिवर्तन हुआ और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा मौसम में अचानक बदलाव की वजह से ज़िले के मीरगंज इलाके के गोरा लोकनाथपुर गांव में आकाशीय विजली गिरने से खेत पर काम कर रही तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं वहीं पीलीभीत जिले में वर्षा से सरकारी ख़रीद केन्द्रों पर पड़े किसानों के धान के ख़राब होने की आशंका बढ़ गई है